प्रदेश में चौदह जिले बाढ़ से प्रभावित

बाढ़ से राज्य में चालीस लाख से अधिक लोग प्रभावित

अब तक इस महामारी से दो सौ पचासी लोगों की मौत प्रदेश में बाढ़ की रिथति गंभीर बनी हुई है राज्य के चौदह जिले बाढ़ की चपेट में आ गये हैं एक सौ आठ प्रखंडों में चालीस लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गोपालगंज सारण सीवान दरभंगा मधुबनी खगड़िया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है सबसे अधिक दरभंगा जिले में लगभग चौदह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहीं मुजफ्फरपुर में लगभग नौ लाख और पूर्वी चंपारण जिले में सात लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं पूर्वी चंपारण में सत्रह प्रखंडों की एक सौ पैंतालीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं सारण जिले में दो लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मिकी नगर गंडक बराज से दो लाख नौ हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है जिसके बाद तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण पावर सब स्टेशन के ड्बने से बिजली ट्रांसमिशन प्रभावित रहा

जिले में तरैया पानापुर मशरख मकेर और मढ़ौरा के कई प्रखंडो में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर प्रखंड में नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रखंड के चकमहेसी में बागमती का पानी डरोरी रतनपुर मार्ग के ऊपर दो फुट तक बह रहा है कटिहार जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्राणपूर प्रखंड में कई स्थानों पर तेजी से कटाव हो रहा है वहीं बारसोई प्रखंड के महेशपुर और शिकारपुर पंचायत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के इलाज के लिये सात स्वास्थ्य शिविर संचालत किये जा रहे हैं जबकि चारे की कमी को देखते हुए पोषाहार का भी वितरण किया जा रहा है खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी बागमती और ब्रुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर जिले में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है इसके कारण कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं छत्तीस पंचायतों में लगभग अस्सी हजार की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं वहीं बाढ़ के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज सातवें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप्प रहा आकाशवाणी दरभंगा के ट्रांसमिशन परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से कुछ देर के लिये प्रसारण बाधित हुआ वैकल्पिक तौर पर स्ट्रडियो परिसर में लगे कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर से प्रसारण किया जा रहा है केन्द्रीय जल आयोग ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में बूढ़ी गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं दरभंगा के विशुनपुर में भी अधवारा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर है आयोग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बूढ़ी गंडक गंडक परमान और महानंदा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है बूढ़ी गंडक का जलस्तर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर चला गया है जबकि मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में लाल निशान से डेढ़ मीटर ऊपर बना हुआ है खगड़िया में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है इधर बागमती नदी के जलस्तर में सीतामढ़ी के कटौंझा में बढ़ोतरी जारी है यहां बागमती खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है वहीं गंगा नदी के जलस्तर में कमी देखी गयी है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा प्रदेश से होकर गुजर रही है जिससे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है

वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में अस्सी मिलीमीटर बारिश हुई है जबकि किशनगंज मधेपुरा सीतामढ़ी और भागलपुर में कई स्थानों पर साठ मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है इधर मोतिहारी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुई और शेखपुरा जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में नौ लोगों की मृत्यु हो गयी वज्रपात की आशंका के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान खूले में निकलने से मना किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी श्री कुमार ने कहा कि किसी भी जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो इसके लिये जिला कृषि पदाधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेवार माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं बिहार में केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप एक अगस्त से अनलॉक के तीसरे चरण के प्रावधान लागू रहेंगे स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान इकतीस अगस्त तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी इस अवधि में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में दो हजार बयासी नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अड़तालीस हजार को पार कर गयी है जानकारी के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक मामले पटना जिले में सामने आये हैं जिले में कुल चार सौ दस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही नालंदा में एक सौ सैंतीस पूर्वी चंपारण में एक सौ छत्तीस रोहतास में एक सौ पांच भागलपुर में छियानवे पश्चिम चंपारण में सतासी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं वहीं सारण में उनासी पूर्णिया में अठहत्तर भोजपूर में छिहत्तर और बेगूसराय में संक्रमण के बहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इस महामारी से प्रदेश में अब तक दो सौ पचासी लोगों की मृत्यु हुई है वहीं इकतीस हजार छह सौ तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर लगभग छियासठ प्रतिशत हो गयी है कोविड संक्रमण के मामले में पटना जिला राज्य में शीर्ष पर बना हुआ है अब तक जिले में आठ हजार दो सौ उनतीस मामलों की पुष्टि हुई है जिले में इस महामारी से अब तक पैंतालीस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं चार हजार आठ सौ छियालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं पटना के बाद सबसे अधिक मामले भागलपुर जिले से सामने आये हैं जिले में दो हजार चार सौ अठासी मामलों की पुष्टि हुई है जबकि एक हजार आठ सौ बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में कोविड उन्नीस की जांच की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन बीस हजार से अधिक हो गयी है श्री पांडेय ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिये विशेष अस्पतालों और केन्द्रों की संख्या लगातार बढ़ायी जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य में नौ सौ उनतीस विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गयी है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर लगभग पंद्रह लाख चौरासी हजार हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बावन हजार एक सौ तेईस नये मामले सामने आये हैं वहीं अब तक दस लाख बीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महामारी से अब तक चौंतीस हजार नौ सौ अड़सठ लोगों की मृत्यु हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड उन्नीस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है उन्होंने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्युदर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं

अखिल भारतीय आयूर्वेविज्ञान संस्थान दिल्ली के मनोरोग विज्ञान विभाग के डॉक्टर नंद कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों से घर में रहने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है

जैसे फिजिकल इम्युनिटी के लिए आयुष का काढ़ा पीते हैं हल्दी दूध इमोशनल इम्युनिटी के लिए पहला ये कि लोगों से बात करें

दूसरा अगर हो सके तो प्राणायाम करें सांस की एक्सरसाइज करें हम लोग जो बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो करें जिससे की इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे मन स्थिर होता है तीसरा जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने घर के अंदर जैसे घर के अंदर बहत सारे काम होते हैं लोग मास्क पहनकर थोड़ा बाहर भी घूमने जाते हैं थोड़ा सा वॉक करते हैं बाहर निकलने एक फिजिकल डिस्टेंस मैनटेन करके लोगों से बात करने इन सारी चीजों से इमोशनल इम्युनिटी बढ़ती है पूर्वी चंपारण जिले में आदापूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर नगेन्द्र प्रसाद की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हो गयी है उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था इधर नालंदा के जिला योजना पदाधिकारी संजय कुमार गंगवाल की भी कोविड उन्नीस से मृत्यु हो गयी वे पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे केन्द्रीय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच एनएमसीएच और एम्स में कोविड उन्नीस के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा है अपने संसदीय क्षेत्र में कोविड उन्नीस की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक व्यवस्था को लेकर उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केन्द्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से बातचीत की श्री प्रसाद ने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति बेड की संख्या बढ़ाने और आइसोलेशन केन्द्र बढ़ाने पर जोर दिया जयदीप भटनागर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग एनएसडी के नये महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं श्री भटनागर की नियुक्ति अगले महीने की एक तारीख से प्रभावी होगी वर्तमान में वे एनएसडी में ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीनोरिया गांव स्थित इंडियन बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े उनहत्तर लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि चार की संख्या में आये अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को घायल कर इस घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये गया और अन्य जिलों से लगने वाली सीमा सील कर दी गयी है वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में चौदह जिले बाढ़ से प्रभावित

बाढ़ से राज्य में चालीस लाख से अधिक लोग प्रभावित

अब तक इस महामारी से दो सौ पचासी लोगों की मौत